रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में सेवारत्त और सेवानिवृत्त सैनिक हैं जो लम्बे समय से राज्य में सेना कैंटीन या एक्सटैंशन काउंटर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सैनिकों व पूर्व सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पातीं और उन्हें कैंटीन सुविधा का लाभ उठाने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है

आज कांगड़ा ज़िला में कोरोना का एक और मामला सामने आया है हमारे ज़िला संवाददाता संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमित ये व्यक्ति हाल ही में चार अन्य लोगों के साथ दिल्ली से लौटा था जिसे कांगड़ा के समीप छेब क्वारंटीन सैंटर में रखा गया था मरीज़ को टांडा मैडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग इसके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान जुटाने में लगा है ताकि सभी की चिकित्सीय जांच की जा सके परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ई विधानसभा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों की जानकारी मोबाईल फोन पर उपलब्ध हो सके

परमार ने बताया कि जल्द ही एक मोबाईल ऐप लाँच किया जाएगा जिसमें सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और मांगों सहित अन्य कार्यों की जानकारी मिल सकेगी वीरमद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की पूरी तरह स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में टैस्टिंग किट्स सुरक्षा उपकरण और वेंटीलेटर की व्यवस्था की जानी चाहिए उन्होंने इस महामारी से प्रदेश में दो लोगों की मृत्यु पर भी दुःख जताया है अनुमति लॉकडाउन के दौरान प्रदेशवासियों खासकर गरीबों मजदूरों और दैनिक भोगियों को रोज़ी रोटी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने की अनुमति दी है जिसका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है सरकार की ओर से मनरेगा के तहत मजदूरों को सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए काम करने की अनुमति दी गई है सरकार द्वारा समयबद्व कदम उठाने और फसल कटाई के लिए मजदूरों व किराए पर मशीनरी लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है ई कार्ट ऐप ज़िला हमीरपुर में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई गई ताज़ा सब्ज़ियां अब लोगों के घरद्वार पर उपलब्ध हो सकेंगी उपायुक्त हरीकेश मीणा ने आज कृषि विभाग के सहयोग से हिम ई कार्ट मोबाइल ऐप सुविधा का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसान व उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होंगे उन्होंने कहा कि ऐप में उपमोक्ताओं के साथ साथ अब अधिकृत विक्रेताओं और उत्पादकों को भी जोड़ा जा रहा है इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी उत्पादकों के घर से ताज़ा सब्ज़ियां लाकर हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र में लोगों को घर पर उपलब्ध करवाने की पहल की गई है होम क्वारंटीन ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से सामान लाने वाले चालकों कर्मचारियों व प्रतिदिन यात्रा करने वालों को होम क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक अन्य राज्यों से घर वापिस आने वाले लोगों को ही होम क्वारंटीन में रहना होगा उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों और निगरानी अधिकारियों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए युवा कांग्रे स किन्नौर युवा कांग्रेस ने आज जिले में एक दिवसीय सैनिटाइज़ेशन अभियान का शुभारम्म किया युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निगम भंडारी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए युवा कांग्रेस ने कई अहम कदम उठाए हैं भंडारी ने बताया कि किन्नौर युवा कांग्रेस ने कोरोना योद्वाओं को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा का सामान मुहैया करवाया और आज ज़िले के तीनों खण्डों के सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया उन्होंने कहा कि ज़िले के लोग इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं